मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान कल शाजापूर और राजगढ़ जिलों में कई विकास कार्यो का लोकार्पण किया रीवा स्थित वैष्णोधाम फॉल को पर्यटन कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा कहा उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने

प्रधानमंत्री दो दिन वाराणसी में रूकेंगे और बच्चों के साथ फिल्म देखने के अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री वाराणसी के भारतीय रेल के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के परिसर में काशी विद्यापीठ के छात्रों तथा उनके द्वारा सहायता प्राप्त बच्चों से बात करेंगे

वे विश्वविद्यालय परिसर में अटल इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन के साथ ही विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दृष्टि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास करेंगे

श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी के रूप में देश को एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व मिला है उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है

इस मौके पर नरिसंहगढ़ में आयोजित सभा में श्री चौहान ने भोपाल आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की दूर्दशा को लेकर सवाल किए श्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को प्रदेश की जनता को बेताना चाहिए कि आपकी सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य क्यों बना डाला श्री चौहान कहा है कि अपने शासनकाल में किसानों के लिए कृष्ठ नहीं करने वाली कांग्रेस और उसके अध्यक्ष को किसानों की बात करने का कोई हक नहीं हैं पर्यटन पर्व देशभर में कल से बारह दिवसीय पर्यटन पर्व शुरू हो गया है इस अवसर पर पर्यटन को बढावा देने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश के खंडवा जिले में भी पर्यटन पर्व पर कार्यकमों की शुरूआत हुई शहर में कल एक मैराथन दौड का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया

मैराथन के बाद कलेक्टर विशेष गढपाले और पुलिस अधीक्षक रूचिवर्द्वन मिश्र ने उन्हें सम्मानित किया इस पर्व के दौरान विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है सुश्री जैन ने बताया है कि पर्यटन पर्व के तहत हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

सुश्री महाजन भोपाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल पहुँचने पर विमानतल पर उनकी अगवानी की

वे यहां प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं संवाद करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद श्री गांधी की यह पहली भोपाल यात्रा होगी प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ ने बताया कि श्री गांधी दोपहर एक बजे राजाभोज विमानतल पहुंचेंगे वे लालघाटी से रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल भेल के दशहरा मैदान पर पहुंचेंगे प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया कि भेल दशहरा मैदान में कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई है श्री गांधी यहां प्रदेश जिले ब्लॉक वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे इसमें वे अपनी बात भी कहेंगे और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बात भी सुनेंगे

कलमनाथ भ्रष्टाचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते डेढ़ दशक में भ्रष्टाचार राज्य की व्यवस्था का स्थायी अंग बन गया है श्री कमलनाथ कल अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत इंदौर ग्रामीण के देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की बदहाली बेरोजगारी महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई आज प्रर्देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं

उमाशंकर गुप्ता राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कल भोपाल के नर्मदा भवन में हुए दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की आशा एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और आँगनबाड़ी सहायिकाओं को शाल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और आशाओं से बात कर उनके दायित्वों को महत्व दिया है श्री गुप्ता ने आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने कर्तव्यों को पैसे से मत आंकिए समाज के निर्माण में आपका योगदान अमूल्य है

इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि आम आदमी की खूशहाली राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है संबल योजना सहित जन कल्याण की विभिन्न योजनाएँ इसी उद्देश्य के साथ क्रियान्वित की जा रही हैं तें दुआ खाल डिंडोरी जिले में तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को कल अदालत ने जेल भेज दिया वन विभाग की टीम ने अमरकंटक रोड पर सागरटोला गांव के पास तेंदुए की खाल के साथ अनूपपुर जिले के करनपठार निवासी शिव प्रसाद गोंड और राजू गोंड को गिरफ्तार किया था वे तेंदूए की खाल बेचने का प्रयास कर रहे थे

इस मौके पर नानाखेड़ा से चिमनगंज मंडी तक रैली भी निकाली जायेगी